प्रधानमंत्री ने इस मौके पर योग स्वास्थ्य योजनाओं के साथ एकीकृत करने की आवश्यक्ता पर बल दिया

मुख्य अतिथि गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री ने भारत को पुनः वैश्विक ग्रू बनाने की दिशा में कार्य किया है

आज पांचवा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने झांरखंड के रांची में योग दिवस का नेतृत्व किया इस अवसर पर बोलते हये प्रधानमंत्री ने योग की स्वास्थ्य योजनाओं के साथ एकीकृत करने की आवश्यक्ता बताते हये कहा कि पिछले पांच वर्षो में सरकार ने स्वास्थ्य के साथ योग को एकीकृत किया है ताकि इसे स्वास्थ्य देखभाल का निवारक स्तंभ बनाया जा सके श्री मोदी ने कहा कि आज के बदलते समय में बीमारी से बचने के साथ साथ स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना चाहिए उन्होंने कहा कि योग अन्शासन और समपर्ण है एवं इसका जीवन भर पालन करना चाहिए

उन्होंने कहा कि योग गरीबों को बीमारियो एवं गरीबी से बाहर निकाल सकता है श्री मोदी ने कहा कि योग ज्ञान कार्यएवं भक्ति का एक आदर्श मिश्रण प्रदान करता है

आयुष मंत्री श्रीपद नायक ने अपने सम्बोधन में कहा कि सरकार स्वास्थ्य व कल्याण के लिये योग के लाभों के प्रचार के लिये प्रतिबद्व है हरियाणा और चंडीगढ़ में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरे जोश से मनाया गया हरियाणा का राज्यस्तरीय समारोह रोहतक में हआ यहां गृहमंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हये कार्यक्रम में हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज प्रदेशाध्यक्ष सुभाष बराला स्थानीय सांसद अरविंद शर्मा विधायक मनीष ग्रोवर सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने गृहमंत्री के साथ योग मुद्रायें की इस मौके केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि योग भारतीय संस्कृति का प्रतीक है यह मन आत्मा और शरीर को जोड़ता है और हमें सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ाता है कालांतर में लम्बे समय से देश गुलाम रहा जिस कारण योग आम जन से हटकर ऋषि मुनियों तक सीमित हो गया था

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने भारत को पूनः वैश्विक ग्रु बनाने की दिशा में कार्य किया है म्ख्यमंत्री मनोहर लाल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को हरियाणा में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में पहूंचने पर स्वागत करते हुए कहा कि योग को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने योग परिषद का गठन किया है इसके अलावा एक हजार से अधिक व्यायामशालाएं खोली गई है

उन्होंने पतंजलि योग पीठ की सहयोग के लिए सराहना की जिनके प्रयासों से हरियाणा में योग साधक प्रशिक्षित हुए जो युवाओं महिलाओं व वृद्वजनों को भी योग से जोड़ रहे है

पंचकूला में आयोजित कार्यक्रम में केन्द्रीय राज्य मंत्री रतन लाल कटारिया ने लोगों को योग करने का संदेश दिया पलवल में इस मौके पर भगवान धनंवतरी की पूजा की गई और योग के महत्व को लेकर एक संगोष्ठी का भी आयोजन किया गया हरियाणा के उद्योग व वाणिज्य मंत्री विपुल गोयल ने विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय में आयोजित योग दिवस कार्यक्रम मे मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की व लोगों को योग के माध्यम से नीरोग रहने का संदेश दिया

भिवानी में आयोजित कार्यक्रम में सांसद धर्मवीर सिंह व कई अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने लोगों के साथ योग क्रियायें की और इस मौके पर सांसद ने लोगों को जैविक खेती अपनाने का संदेश दिया यमूनानगर फतेहबाद और सिरसा में भी योग दिवस मनाये जाने की खबरें मिली है यमूनानगर में विधानसभा अध्यक्ष कंवर पाल ने लोगों को योग से जूड़ने के लिये प्रेरित किया सिरसा में सांसद सूनीता द्वग्गल ने कार्यक्रम की अग्रवाई की फरीदाबाद के कार्यक्रम में केन्द्रीय राज्य मंत्री कृष्ण पाल ग्र्जर ने शरीर को स्वस्थ्य रखने के लिये नियमित योग करने की सीख दी सोनीपत में सांसद रमेश कौशिक ने पानीपत रोहिता रेवड़ी और अटेली में विधानसभा उपाध्यक्ष यादव ने योग समारोह का नेतृत्व किया अम्बाला शहर के कार्यक्रम में विधायक असीम गोयल बतौर मुख्य अतिथि शामिल हये यहां दस हजार से अधिक महिलाओंप्रूषों वाय् सेना के कर्मचारियों सहित स्कूली बच्चों ने भाग लिया

करनाल मे सांसद संजय भाटिया ने सबको योग अपनाने की अपील की रिवाड़ी में जन स्वासथ्य अभियांत्रिकी मंत्री डा बनवारी लाल ने तनाव म्रक्त जीवन के लिये योग के महत्व पर प्रकाश डाला शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कविता जैन ने राई में आयोजित समारोह में लोगों के साथ योग किया मोती लाल नेहरू स्पोटर्स स्कूल के प्राचार्य एवं निदेशक कर्नल राज सिंह ने योग के प्रति लोगों का रूझान बढ़ाने के लिये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को एक क्रांतिकारी दिवस बताया वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि जीएसटभ् परिषद को जीएसटी नियमों के सरलीकरण जीएसटी दरों को तर्कसंगत बनाने और अन्य कई वस्त्रओं को जीएसटी के दायरे में लाने समेत अभी काम करने है

बैठक में जीएसटी की ई वे बिल प्रणाली को राष्ट्रीय मुख्य मार्ग प्राधिकरण की फास्ट टैग प्रणाली के साथ जोड़ने पर भी चर्चा हुई सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज कहा कि सरकार ने भ्रामक विज्ञापनों के मामलों से निपटने के लिये संस्थागत तंत्रबनाया है लोकसभा में एक प्रश्न का उत्तर देते हये श्री जावड़ेकर ने कहा कि सरकार देश में टेलीविज़न सहित विभिन्न संचार माध्यमों में बढ़ रहे भ्रामक विज्ञापनों का संज्ञान लेती है उन्होंने कहा कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने टेलीविज़न पर प्रसारित कार्यक्रमों और विज्ञापनों से सम्बधित सामग्री की जांच के लिये एक स्थायी अंतर मंत्रालय समिति का गठन किया था

कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आज लोकसभा में तीन तलाक की प्रथा पर पांबदी लगाने बारे नया विधेयक पेश किया

विधेयक पेश करते हये श्रीप्रसाद ने कहा कि यह विधेयक नारी नयाय और नारी गरिमा के लिये जरूरी है म्रस्लिम महिलाओं के विवाह सम्बधी अधिकारों की सुरक्षा बारे यह विधेयक पिछली सरकार द्वारा फरवरी महीने में जारी किये गये अध्यादेश की जगह लेगा

असद्द्दीन ओवैसी और कांग्रेस ने विधेयक का विरोध किया हरियाणा के शिक्षा मंत्री राम बिलास शर्मा ने कहा है कि राज्य सरकार इस वित्तवर्ष मे राज्य से सरकारी महाविद्यालयों में पढ़ने वाली छात्राओं के सशक्तिकरण के लिये थियेटर पेटिंग व शिल्प कला कार्यशालाओं का आयोजन किया जायेगा

इस आयोजन का उद्देश्य छात्राओं की अव्यक्त प्रतिभा को बाहर लाकर उसका विकास करना और उनके कौशल में वृद्वि करना है छात्राओं को उनकी रूचि के क्षेत्र में विशेषज्ञ व प्रसिद्व कलाकारों द्वारा प्रशिक्षण दिया जायेगा इसके अलावा लिंग संवेदीकरण कार्यक्रम श्रू किया जायेगा जिसमें छात्र व शिक्षक भी शामिल होंगे हरियाणा सकार ने ग्रप सी पंदों और स्कूल शिक्षा विभाग के विभिन्न पदों के चयन हेतु लिखित परीक्षा सामाजिक आर्थिक मानदंड और अन्भव सम्बधी मानदंडो में संशोधन किया है सामान्य प्रशासन द्वारा इस बारे अधिसूचना जारी कर दी गई है एक सरकारी प्रवकता ने बताया कि संशोधन के अन्सर आयोग विद्यालय शिक्षा विभाग में अध्यापक शैक्षिक पर्यवेक्षक तथा सत्यावक शिक्षक के ग्रूप बी पदों पर तथा सभी विभागों में ग्रूप सी पदों के लिये लिखित परीक्षा सामाजिक आर्थिक मानदंड और अन्भव के आधार पर उम्मीदवारों का चयन तथा नामों की सिफारिश करेग